उत्तराखंड में सपा और बसपा के बीच चुनावी गठजोड़सपा गढ़वाल और बसपा बाकि सीटों पर लड़ेगी चुनाव चमोली में मतदान के लिए चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रमछात्र छात्राओं और सहकारिता समूह की महिलाओं की भागीदारी

स्लग चुनाव कार्यशाला लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर के मीडियाकर्मी के साथ बैठक आयोजित की गई उन्होंने मतदान से लेकर मतगणना तक की खबरों में मीडिया द्वारा बरतने वाले एहतियाती उपाय के बारे में दिशा निर्देश दिए साथ ही पेड न्यूज पर नजर रखे जाने की बात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने अपने क्षेत्रों के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया से सहयोग का आहवान किया

दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक चुकी हैं सीटों के बंटवारे को लेकर भी दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है सपा बसपा गठबंधन में मायावती और उनकी पार्टी को तरजीह दी गई है सपा ने केवल गढ़वाल संसदीय सीट पौड़ी अपने पास रखने का फैसला किया है जबकि हरिद्वार नैनीताल टिहरी और अल्मोड़ा से बसपा चुनाव लड़ेगी स्लग राजनीतिक तैयारी प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है सभी प्रमुख पार्टियां प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर चुनावी जीत के लिए जुट गई हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कल देहरादून में रैली है जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हुए हैं उधर अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं स्लग उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यातयालय ने आगामी आम चुनावों के नतीजे घोषित करने से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र की पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का मिलान मतदान पुष्टि पर्ची से करने के विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग से जवाब देने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से न्यायालय की सहायता के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी भेजने को कहा है

इनमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि सभी कार्मिक आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें उन्होंने कहा कि मतदान पार्टीयां मतदेय स्थल तक पहुंचने की तत्काल सूचना सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे मतदान पार्टियां किसी भी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे और मतदेय स्थल में ही अनिवार्य रूप से रात्रि विश्राम करेंगे मॉक पोल अनिवार्य रूप से करना होगा

इसी कड़ी में बीएड कॉलेज जिलासू में आयोजित किये गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने छात्र छात्राओं और सहकारिता समूह की महिलाओं को लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि मतदान में सबकी भागीदारी से एक सशक्त सरकार बनायी जा सकती है उन्होंने आजीविका से जुड़ी महिलाओं से आसपास के लोगों को जागरूक करने की अपील की जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को बहुत मेहनत करके दूरस्थ क्षेत्रों तक जाना पड़ता है इसलिए उनकी मेहनत का भी ध्यान रखते हुए मतदान केन्द्रों पर जाकर वोट जरूर करना चाहिए स्लग ट्रेनिंग रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आरओ एआरओ और ईवीएम मास्टर ट्रेनरों को वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की तकनीकी जानकारी दी गई जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने कहा कि ग्रास रूट स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने वाली मतदान कार्मिक टीम के एक एक सदस्य को ईवीएम वीवीपैट सीयू और बीयू की तकनीकी दक्षता देना मास्टर ट्रेनरों की जिम्मेदारी है उन्होंने निर्देश दिये कि कोई भी कर्मचारी अपना मोबाइल फोन ऑफ न रखे और आपसी समन्वय स्थापित कर अपने ज्ञान और अनुभवों को आपस में शेयर करें स्लग चुनाव तैयारी चंपावत में आज जिले के नोडल सेक्टर पीठासीन और मतदान प्रथम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया लोकसभा चुनाव में पहली बार शत प्रतिशत वीवीपैट के इस्तेमाल से इसकी अहमियत बढ़ गयी है उन्होंने सभी कर्मचारियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए उन्होंने बताया कि जिले के चम्पावत और लोहाघाट दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कर्मचारियो को दो वर्गों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है

राज्य स्थापना के बाद इस सीट पर अब तक पाँच बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं जिनमें दो बार कांग्रेस जबकि तीन बार भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा चुकी हैं

स्लग फूलदेई चैत्र माह की संक्रांति को मनाया जाने वाला लोकपर्व फूलदेई आज प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कुमाऊं में इसे फूलिया संक्रांत के रूप में भी मनाया जाता है बागेश्वर में भी फूलदेई पर्व को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस त्योहार के दिन बच्चे सुबह उठकर थाली और टोकरी में बसंत ऋत् के प्रतिनिधि के तौर पर विभिन्न प्रकार के फूल और चावल रखकर घरों की दहलीज की पूजा करते हैं इसके बाद फूलदेई छम्मादेई दैणी द्वार मंगल गान गाकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं वहीं घर के मुखिया उन्हें गुड़ चावल और पैसे भेंट करते हैं